सुबह दस बजे होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र सौ दिनों की उपलब्धियां साझा करेंगे एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि संवाद सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सौ दिनों में सरकार की उपलब्धियों पर पुस्तिका और वृत्त चित्र का विमोचन भी करेंगे भाजपा बैठक इस बीच मंडी में आज प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की तीन दिवसीय बैठक शुरू होगी जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया जाएगा बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा प्रदेश के चारों सांसद पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती और पार्टी के पदाधिकारी भाग लेंगे कपर खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने धर्मशाला में कल एक बैठक कर जदरांगल में प्रस्तावित केन्द्रीय विश्वविद्यालय के निर्माण से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की

किशन कपूर ने लोक निर्माण विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के लिए चिन्हित भूमि के तैयार साइट प्लान का भी अवलोकन किया मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज सुबह से ही वर्षा का दौर जारी है हालांकि किन्नौर लाहुल स्पिति धर्मशाला में घने बादल छाए हुए हैं प्रदेश के ऊपरी इलाकों में कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि होने से सेब के फूलों को नुकसान हुआ है मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में चार से पांच डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है मौसम विभाग ने आज व कल प्रदेश भर में बारिश के साथ कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि जबकि ऊंची चोटियों पर हिमपात की संभावना जताई है विरोध शिमला शहर के निजी स्कूलों की मनमानी पर छात्र अभिभावक मंच ने विरोध जताया है मंच के संयोजक विजेन्द्र मैहरा ने आरोप लगाया कि सरकार व शिक्षा विभाग भी इसके लिए निजी स्कूलों को खुली छूट दे रहे हैं उन्होंने कहा कि स्कूलों में फीस वृद्धि के खिलाफ मंच आज उपायुक्त कार्यालय शिमला के बाहर प्रदर्शन करेगा और इस संबंध में उपायुक्त को ज्ञापन भी दिया जाएगा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 अमर उजाला ने मुख्यमंत्री के बयान को शीर्षक दिया है तबादलों की पुरानी व्यवस्था बदल देंगे अभी नहीं बनाए जाएंगे सीपीएस राजनीतिक नियुक्तियां भी कम करेंगे सरकार के सौ दिन के लक्ष्य पर दिव्य हिमाचल मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है ज्यादातर विभागों का टारगेट प्ररा अजीत समाचार की सुर्खी है जयराम ठाकुर आज देंगे अपनी सरकार के सौ दिन का रिपोर्ट कार्ड प्रदेश में पांच से सात फीसदी तक महंगी होगी बिजली शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है एक अप्रैल से लागू मानी जाएगी दरें

पन्द्रह निजी विश्वविद्यालय में अयोग्य प्राध्यापक कैग की रिपोर्ट में हआ ख्लासा खबर को आपका फैसला ने प्रमुखता दी है अखबार राज्यपाल आचार्य देवव्रत के हवाले से लिखता है खेलें आपसी सौहार्द बनाने में सहायक हिमाचल दस्तक की एक खबर है क्या पहाड़ की प्यास बुझाएंगे मोदी जल संकट द्र करने को केन्द्र की शरण में जयराम सरकार धर्मशाला से चार घंटे में पहुंच सकेंगे शिमला खबर पर अमर उजाला का कहना है पांच हज़ार करोड़ से बनेगा फोर लेन चौबीस को पहला टेंडर धर्मशाला से ज्वालामुखी तक पहले चरण में होगा काम सीबीएसई पेपर लीक मामले पर अधिकतर अखबारों की सुर्खी है तीन आरोपियों को आज ऊना लाएगी दिल्ली पुलिस राष्ट्रमंडल खेलों पर पंजाब केसरी लिखता है विकास ठाक्र ने बढ़ाया हिमाचल का मान जबकि दिव्य हिमाचल का शीर्षक है कॉमनवेल्थ गेम्स में हिमाचली वेटलिफ्टर विकास ठाकुर को कांस्य मौसम पर दैनिक न्याय सेतु व दैनिक सवेरा टाइम्स की एक जैसी सुर्खी है बारिश का दौर जारी दो दिन ओलावृष्टि की चेतावनी अमर उजाला लिखता है शिमला में ओलावृष्टि ऊपरी क्षेत्रों में झड़ गए सेब के फूल

आपका फैसला ने अपने सम्पादकीय में सीएजी की रिपोर्ट में हुए प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय की खामियों को उजागर करने पर अपने विचार व्यक्त किये हैं शीर्षक है गुणवत्ता पर सवाल